राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राम नाईक ने कहा है कि बेहतर शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा और राज्य सरकार अच्छी शिक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है

उन्होंने कहा कि राज्य में अब नकलविहीन परीक्षा होगी और उसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को प्रयास करना होगा उन्होंने छात्रों से आहवान किया कि वह प्रमाणिकता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े असफलता के बारे में आत्मनिरीक्षण करे स्वयं को अद्यतन रखे तो सफलता उनके चरण चूमेंगी उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान की बुनियाद अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने रखी थी आर श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा दिया जिसका असर अब देखने को मिल रहा है दीक्षान्त समारोह में मेडल और उपाधि पाने वालों में इक्यावन फीसदी छात्राएं है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहन्त के चालक दल और उससे जुड़े सभी लोगों को पहला निगरानी अभियान सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई दी है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि देश के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दौर में भरोसेमंद परमाणु प्रतिरोध व्यवस्था नितांत आवश्यक है और आईएनएस अरिहन्त परमाणु ब्लैकमेल करने वालों के लिए मुंहतोड़ जवाब है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व शांति और स्थिरता को मजबूत बनाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों का आह्वान किया कि वे सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए आगे आए इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ विदेश मुद्रा की भी भारी बचत होगी वह आज गोरखपुर में एक हजार दो सौ तीस किलोवाट के सोलर प्लांट का उदघाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर श्री योगी ने गीडा के उद्यमियों की समस्याओं का भी संज्ञान लिया और कहा कि प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास गोरखपूर के उद्यमियों के साथ आकर बैठक करें उनकी समस्याओं को समझे और समय सीमा में समाधान करें केन्द्रीय वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री अरूण जटली ने कहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रयासों के फलस्वरूप व्य्वस्था में पक्षपातपूर्ण नीलामी और राजनीतिक मिलीभगत जैसी खामियां दूर हो गई हैं श्री जेटली आज नई दिल्ली में सार्वजनिक खरीद और प्रतियोगिता कानून के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री जेटली ने कहा कि विभिन्न बाजार संचालक होने से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था का विस्तार होने से न्यामक की भूमिका भी बढ़ेगी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

दीपावली पर्व का पहला दिन धनतेरस आज देश भर में ध्मधाम के साथ मनाया जा रहा है हिन्दू मान्यताओं के अनुसार आज का दिन आयूर्वेद के जनक भगवान धनवंतरी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है धनतेरस के अवसर पर बाजारों में विभिन्न प्रकार के घरेलू सामानों की दुकाने सजी हुई है और लोग भारी उत्साह के साथ खरीददारी कर रहे हैं इस अवसर पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को धनतेरस की बधाइ दी है

श्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि देश में ज्ञान विज्ञान का भंडार है जो हमें विरासत में मिला है प्रदेश के अयोध्या में चल रहे दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किमजोंग सुक आज शाम राजधानी लखनऊ पहुंच गई

हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला श्रीमती किमजोंग सुक का उनके सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात्रि भोज देंगे कल सुबह वह लखनऊ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगी अयोध्या आगमन के बाद वे रानी हो के स्मारक पर प्रष्पाजंलि अर्पित करेंगी श्रीमती किमजोंग सुक क साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है जिसमें दक्षिण कोरिया के पर्यटन संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री सहित तैंतालीस सदस्य है

दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए अयोध्या के सभी प्रमुख भवनों मंदिरों और घाटों को शानदार रोशनी से सजाया गया है कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में निकलने वाली रामकथा प्रसंगों की झांकियों का अवलोकन करेंगे और सांयकाल हेलीकाप्टर से राम सीता लक्ष्मण के आगमन का प्रतीकात्मक अभिषेक करेंगे इसके बाद दीप प्रज्जवल और लेजरशो का कार्यक्रम होगा तथा इंडोनेशिया रूस टिनिड्राड और टोबेगो सहित कई देशों के कलाकार रामलीलाओं का मंचन करेंगे इन कार्यक्रमों में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक बिहार के राज्यपाल लालजी टण्डन और अन्य विशिष्ट अतिथिगण शामिल होंगे अयोध्या से राजेन्द्र सोनी के साथ मैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ तीन दिवसीय दीपोत्सव की शुरूआत कल लाओस के कलाकारों की रामलीला प्रस्तुति से शुरू हुई थी आज इन कार्यक्रमों के तहत राम की पैड़ी पर रंगोली प्रतियोगिता हुई और प्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पोडवाल के द्वारा भजनों की प्रस्तुति पेश की जायेगी कल दीपावली की पूर्व संध्या पर लखनऊ के नव निर्मित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई अतंर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी ट्वेन्टी क्रिकेट मुकाबला खेला जायेगा

इसके बाद उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी क्रिकेट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित किये जाते रहे हैं नये नवेले स्टेडियम में मैच देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह है जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि पचास हजार की क्षमता वाले स्टेडियम में अधिक लोगों की पहुंचने की संभावना के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है दोनों टीमें यहां पहले ही पहुंच चुकी है प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्य के अन्तर्गत विद्यूत विभाग की चार सौ केवी से कम को लाइनों को इस वर्ष दिसम्बर और इससे ऊपर की लाइनों को अगले वर्ष फरवरी माह तक शिफ्ट करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि पॉवर ग्रिड कारपोरेशन अपनी लाइनों को हर हालत में अप्रैल दो हजार उन्नीस तक स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करे ताकि एक्सप्रेस वे के निर्माण में कोई बाधा न आये श्री पाण्डेय आज लखनऊ में पूर्वांचल तथा बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे

दिल्ली लखनऊ रेलमार्ग पर हरदोई के संडीला स्टेशन के पास आज रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे चार रेल कर्मियों की अकालतख्त एक्सपस से कुचल कर मौत हो गई दोपहर में यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब गैंगमैन रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे और अप लाइन पर अकालतख्त ट्रेन आ गई और उन्हें बचने का मौका नहीं मिल पाया मामले की जांच अपर रेलवे मंडल प्रबंधक शरद श्रीवास्तव द्वारा की जा रही है